इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अट्ठासी हजार आठ सौ तिहतर पहुंच गई है वहीं कल एक हजार दो सौ छियालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुटटी दे दी गई है इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर अठहतर हजार नवासी पहंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या दस हजार सताईस रह गई है इधर राज्य में कल कोरोना से दस लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या बढ़कर सात सौ सन्तावन पहुंच गई है

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे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

भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा मेले रैली प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं जिसे लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है

राज्य सरकार की ओर से इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में रंग रोगन किया गया है कल से मंदिर में विशेष अनुष्ठान भी शुरू हो जाएगे इधर रामगढ़ के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर खोलने को लेकर रामगढ़ उपायुक्त सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कल निरीक्षण किया कल देर रात तक चले इस निरीक्षण में मंदिर न्यास समिति सहित कई लोगों के साथ उपायुक्त ने विशेष बैठक की इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा

इसके अलावा राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों मस्जिदों गिरिजाघरों और गुरूद्वारों को भी खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है पूर्वी सिंहभूम जिले में साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर वरीय पूलिस अधीक्षक डा एम तमिलवानन ने बिष्ट्पुर थाना में बैठक की इस दौरान प्रशासनिक तैयारी के साथ ही लोगों से एटीएम कार्ड के इस्तेमाल के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है श्री तमिल वानन ने कहा कि एटीएम से पैसा निकालते वक्त किसी अनजान आदमी की मदद ना लें

बड़कागांव में पिछले एक माह से बंद पड़ी कोयला ढुलाई जिला प्रशासन की पहल पर आज शुरू हो गई है प्रशासनिक सुरक्षा के बीच सैकड़ों हाइवा को क्रस्ट डंप भेजा गया

इसके साथ ही रैप इंडिया रिजर्व बटालियन जैप ए टी एस को भी लगाया गया है बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस बल की मौजूदगी के कारण ग्रामीणों ने बहुत विरोध नहीं किया आवेदन देने के बाद ग्रामीण रैयतों को पुलिस ने सड़क से हटा दिया

भविष्य में कोयले के डंप में आग नहीं लगे इसे ही ध्यान में रखकर कोयले की दुलाई शुरू की गई है

राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान पखवाडे के तहत रामगढ जिले के पतरात प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया

रांची नगर निगम द्वारा कोरोना संक्रमण की वजह से होल्डिंग टैक्स में छूट देने से संबंधित प्रस्ताव को नगर विकास विभाग ने मानने से इंकार कर दिया है विभाग के स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी सूडा ने नगर निगम को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान समय में होल्डिंग टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है

कल चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने से पहले कृषि विशेषज्ञों किसानों और खेती से जुड़े अन्य लोगों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेचने की स्वतंत्रता मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रखी जाएगी श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ठेके पर खेती कराने से जमीन के मालिकाना हक को लेकर आशंकाएं पूरी तरह निराधार हैं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने मुलाकात की मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी

इसे लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है